वे वहां प्रजापिता ब्रम्हकुमारी संस्थान में आयोजित होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला सशक्तिकरण पर आयोजित इस सम्मेलन में राज्यपाल कलराज मिश्र मी अपना उदबोधन देंगे

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर के थानों में महिला हैल्प डेस्क बनाने के लिए निर्भया कोष से सौ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि महिला हेल्प डेस्क प्रलिस थाने को महिलाओं के लिए और अधिक सहायक और सुगम बनाने पर केन्द्रित होगी और पुलिस चौकी पहुंचने वाली किसी महिला के लिए प्रथम और एकल सम्पर्क केंद्र होगा इन सहायता डेस्को पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाएगी पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का तीन दिन का सम्मेलन आज से पूणे में शुरू हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारियों के इस सम्मेलन के समापन सत्र का ेसंबोधित करेंगे

यह कार्यक्रम अगले वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करने का प्रस्ताव है प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां भेजने का सिलसिला इस महीने की दो तारीख से शुरू हो चुका है विद्यार्थी अपने सवाल ऑनलाइन भी भेज सकते हैं

इस कार्यक्रम में देशभर से कुल दो हजार विद्यार्थीउनके अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने आज संसद भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया

राष्ट्र निर्माण में बाबासाहेब आम्बेडकर के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

थार के रेगिस्तान में कैफीन फ्री कॉफी यानी चिकोरी और ग्रीन टी की खेती के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉ बी आर चौधरी ने बताया कि चिकोरी और कैमोमाइल ग्रीन टी के बीज मंगवाकर खेत में रोंपे गये है